मंदिर न्यास चिंतपूर्णी इस बार श्रावण अष्टमी मेलों का आयोजन भी नहीं कर रहा है कोरोना महामारी के चलते श्रद्वालुओं को घर बैठे ही प्रसाद उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मंदिर न्यास और जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाईन प्रसाद वितरण की सुविधा शुरू की जा रही है उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि ये भोग श्रद्धालुओं को भारतीय डाक सेवा के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए लोगों से मॉय गोव एप्प पर लॉकडाउन संबंधी सुझाव मांगे हैं लोग पहली अगस्त तक अपने सुझाव इस एप्प पर दे सकते हैं

नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ला की संक्रमित गर्भवती महिला ने कोरोना को हराने में सफलता अर्जित कर ली है ये महिला शिमला में उपचाराधीन हैं

इसके अलावा कांगड़ा जिला से पांच हमीरपुर से एक और उना से एक कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं मौसम प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का कम रूक रूक कर जारी है

मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समचार पत्रों ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

हिमाचल दस्तक के अनुसार फिर लॉकडाउन की ओर हिमाचल रोज सौ से ज्यादा केस राज्य सरकार ने लोगों से राय मांगी दिव्य हिमाचल की एक खबर है अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का सादगी के साथ आगाज पंजाब केसरी की सुर्खी है पारंपरिक रस्मों के साथ मिंजर का शुभारंभ आपका फैसला के मुताबिक चंबा में शोभायात्रा से मिंजर मेले का आगाज खेलों पर प्रतिबंध फिर भी रोहडू में करवा दिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट शीर्षक से अमर उजाला लिखता है शिक्षा मंत्री का बेटा था मुख्यातिथि बिना मास्क खिलाड़ियों से मिलाए हाथ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

नमस्कार